विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने पक्ष विपक्ष के सदस्यों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की

इस बीच बजट सत्र के छठे दिन आज भी भाजपा सदस्यों द्वारा सदन में बाबूलाल मरांडी को विपक्षी दल के नेता बनाने की मांग को लेकर हंगामा जारी रहा भाजपा विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से षांत रहने की अपील की सदन में षोर षराबे के बीच अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी दोबारा सदन की कार्रवाई षुरू होने के बाद सतारूढ़ दल के कई सदस्यों ने षून्य काल के दौरान लोक हित से जुड़े प्रष्नों को रखा इस बीच विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा हंगामें के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी इससे पहले प्रष्नोत्तर काल ष्रू होते ही भाजपा विधायकों के षोर षराबे और हंगामें के बीच विधायक समीर मोहन्ती प्रदीप यादवविर्नोद कुमार सिंह और बंधु तिर्की के प्रष्नों का प्रभारी मंत्री ने जबाब दिया जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुण्डा ने कहा है कि देष भर में आदिवासी महिलाओं को उचित षिक्षा और कौषल विकास के जरिये सषक्त बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने खास कर आदिवासी महिलाओं के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है सरकार ने इस वर्ष आठ मार्च को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में एक से सात मार्च तक विषेष अभियान षुरू किया है जिसमें जनजातीय मामले की थीम भी षामिल है श्री मुण्डा ने कहा कि वर्तमान षैक्षणिक वर्ष के दौरान देष भर के विभिन्न एकलव्य मॉडल आवासीय विधालय में नामांकित आदिवासी छात्रों की कुल संख्या लगभग तिहतर हजार है जिसमें छत्तीस हजार छात्राएं पढ़ रही हैं उन्होंने विष्वास व्यक्त किया कि आदिवासी लड़कियों में भी साक्षरता दर में सुधार हुआ है श्री मुण्डा ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम द्वारा महिला सषक्तिकरण योजना के तहत रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि आदिवासी कार्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में षुरू कि गए पीएम जनधन योजना के जरिये आदिवासी महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ कर उन्हें सषक्त बनाने का काम किया जा रहा है

जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकें

सुश्री मुर्मू को राष्ट्रपति रामनाथ कोबिन्द प्रषस्ति पत्र और दो लाख रूपये नगद देंगे चामी मुर्मू को वर्ष दो हजार उन्नीस में महिला सषक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए नारीषक्ति पुरस्कार दिया जा रहा है

साहिबगंज के उपायुक्त वरुण रंजन ने अधिकारियों से जिले में संचालित सभी योजनाओं के कार्यो में तेजी लाने का निर्देष दिया है

अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया षुरू कर दी गई है उम्मीदवार तेरह मार्च तक नामांकन के पर्चे दाखिल कर सकेंगे सोलह मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और अठारह मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे छब्बीस मार्च को झारखण्ड विधानसभा परिसर में प्रातः नौ बजे से मतदान कराया जाएगा और षाम पांच बजे तक मतगणना के परिणामों की घोषणा की जा सकती है झारखण्ड से राज्य सभा के दो सांसद परिमल नाथवाणी और प्रेमचंद गुप्ता का कार्यकाल नौ अप्रैल को समाप्त हो रहा है गिरिडीह जिले में दो अलग अलग सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए घायलों को बेहतर इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है

इसलिए इससे निपटने के लिए ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है

कोरोना वायरस के संक्रमण से खतरे को देखते हुए चीन से आने और जाने से संबंधित सभी प्रकार के डाक की बुकिंग बंद कर दी गई है झारखण्ड की डाक महाअध्यक्ष षषि षालिनी कुजूर ने बताया कि राज्य के सभी सर्किल को आदेष जारी कर दिया गया है डाक घरों में ऐसे सभी पत्र एवं पार्सल के अलावा सभी प्रकार के डाक की बुकिंग बंद करने का आदेष दिया गया है जो चीन ने संबंधित है

संक्षिप्त खबरें चौपारण पुलिस और वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विषेष अभियान के दौरान लगभग चौदह एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती नष्ट कर दी गई है गुमला की एक अदालत ने हत्या के आरोप में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और बीस हजार रूपये का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है मामला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के असरों गांव का है

ताकि अधिक से अधिक विधार्थियों और बुजूर्गो को इस योजना का लाभ मिल सके